इस अवसर पर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने राज्यवासियो को शुभकामनाए दी है अपने संदेश में राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि इस उत्सव के आयोजन से लोगो में आपसी संबंध को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने राज्य के लोगो से अपनी पहचान संरंक्षित रखने पर जोर दिया है

केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिले के तहत नामसाई जिले के वींगको गाँव के उप स्वास्थ्य केंद्र में तिसरा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र शुरु किया गया इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक चाव जिगनो नामचुम नामसाई जिला उपायुक्त तपस्या राघव और जिला स्वास्थ्य अधिकारी नांग सुरेया नामचुम भी उपस्थित थे इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने कहा इस केंद्र के शुरु होने से क्षेत्र के लोगो को बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुचाई जा सकेगी

प्रस्तावित संशोधन विधायक के तहत भारत में छह वर्ष निवास करने के बाद बांलादेशपाकिस्तान और आफगानिस्थान के हिंदुओ सिखो बौद्ध जैन पारसी और इसाई जैसे अल्प संख्यक लोगो को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है संघ ने कहा है कि यह विधेयक अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर राज्यो के लोगो के हित के परे है

राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नॉडल अधिकारी डॉ दिमांग पादुंग ने बताया कि पापुम पारे में किमिन अपार सुबनसिरि में याजाली वेस्ट सियांग में आलो इस्ट सियांग में रुकसिन और लोहित जिले के तेजू में इस परियोजना को शुरु किया गया है विधायक तातुंग जामोह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुकसिन में इस पायलट परियोजना की पारूआत की इस परियोजना की जानकारी देते हुए नॉडल अधिकारी ने कहा यह प्रधानमंत्री सुरक्षा मित्रावा योजना का एक संशोधित रुप है जिसके तहत सरकारी संचालित अस्पतालो में शिश्र जन्म के सौ प्रतिशत कवरेज के अलावा गर्भवती महिला और नवजात शिशू की शुन्य मृत्यु दर सुनिश्चित करना है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बैंको से कहा है कि वे आधार आधारित भुगतान प्रणाली बंद नही करें क्योकि इससे कल्याणकारी लाभ पहुंचाने की दिशा में बाधा उत्पन्न हो सकती है यह स्पष्टीकरण यूआईडीएआई को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भेजे गये एक पत्र के बाद दिया गया स्टेट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भूगतान निगम को आधार आधारित भूगतान प्रणाली बंद करने के आशय की सूचना दी थी बैंक ने कहा था कि इसे जारी रखना उच्चतम न्य्यालय के आदेश का उल्लंघन हो सकता है सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव मे निजी कंपनियों के द्वारा पहचान के लिए आधार के प्रयोग पर रोक लगा दी थी लेकिन कल्याणकारी योजनाओ आयकर रिटर्न भरने और स्थाई खाता संख्या पैन के आवंटन के लिए इसकी मीजूरी दी थी

दिल्ली में चौदह दशमलव दो किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के लिए पांच यौ रुपये नब्बे पैसे देने होंगे नई दर कल आधी रात से लागू हो गई है इंडियन ऑल कॉपरोरेशन ने कहा है कि कर प्रभाव और ईंधन की बाजार दर में कमी के कारण ऐसा किया गया है इस वर्ष जून से रसोई गैस की कीमत में लगातार छह बार बढ़ोतरी की गई